कोविड महामारी के खिलाफ़ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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 मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वरिष्ठ मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के साथ कोविड संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की थी जिसके बाद यह निर्णय लिया गया

प्रदेश में बिना अनुमति के कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं आयोजित किया जा सकेगा

प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी ने बताया कि इस बारे में जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जायेगा

सरकार ने पहले ही निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे कोई भी कार्यक्रम बिना प्रशासन की प्रर्व अनुमति के आयोजित नहीं किए जा सकेंगे प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने वालों की यह जिम्मेदारी होगी कि कोविड संबंधी प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन पूरे कार्यक्रम के दौरान सुनिश्चित करें

कोविड हेल्प डेस्क को फिर से शुरू किया जा रहा है और कोविड अस्पतालों को भी सक्रिय किया जा रहा है इसके साथ ही इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर में लगातार समीक्षा बैठक की जाएगी ताकि कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके पूलिस को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकड्डा न होने दी जाए सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ उच्चतम न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित छह महीने के ऋण स्थगन की अवधि बढाने से इन्कार कर दिया है और कहा है कि स्थगन अवधि के दौरान पूरा ब्याज माफ नहीं किया जा सकता शीर्ष न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित छह महीने के ऋण स्थगन की अवधि बढाने के बारे में विभिन्न व्यापार संघों और कॉरपोरेट निकायों की याचिकाएं नामंजूर कर दी है

आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी पात्र लोगों से तुरंत पंजीकरण कराने और टीका लगवाने का अनुरोध किया है

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और इनकी कोई कमी नहीं है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

प्रदेश में चौरी चौरा महोत्सव के आयोजन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यकमों का आयोजन किया जा रहा है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा स्वतंत्रता आन्दोलन पर केन्द्रित एक पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन लखनऊ के अलीगंज स्थित केन्द्रीय भवन में किया जा रहा है यह प्रदर्शनी अगले साल चार फरवरी तक चलेगी जहां प्रकाशन विभाग की पुस्तकों पर पैतालीस प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है पीआईबी और आरओबी के महानिदेशक आरपी सरोज ने बताया

लोग अपने इतिहास को जानें और इसके माध्यम से हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं

उनके बारे में क्या इतिहास है कैसे उनको इतिहास में जगह नहीं मिल पाया है लेकिन अगर प्रदर्शनी में सारी किताबें एक जगह आ गई हैं यह बहुत ही प्रेरणादायी है कृतज्ञ राष्ट्र आज शहीद भगत सिंह राजगुरू और सुखदेव को उनके शहादत दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का फिल्म प्रभाग इन क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्वांजलि स्वरूप आज दो फिल्म प्रदर्शित कर रहा है अंग्रेजी फिल्म भगत सिंह में बचपन से लेकर फांसी के दिन तक भगत सिंह की जीवनगाथा को दिखाया गया है शहीदों की याद में प्रदेश में भी कई स्थानों पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गये मेरठ में जिला स्वंतंत्रता संग्राम सेनानी स परिषद की ओर से शहीद ए आजम भगत सिंह तथा अन्य शहीदों को याद कर श्रद्धांजलि दी गई प्रधानमंत्री ने आजादी के क्रांति दूत अमर शहीद वीर भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को शहीद दिवस पर शत शत नमन किया श्री मोदी ने टवीटर पर पोस्ट वीडियो में कहा कि मां भारती के इन महान सपूतों का बलिदान देश की हर पीढो के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा मथुरा के बरसाना में आज विश्व प्रसिद्ध लड्डू होली का आयोजन किया गया गौरतलब है कि यहां राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम की लड्डू होली में देश दुनिया स श्रद्धालु पहुंचते हैं एक रिपोर्ट राधा रानी मन्दिर में लड़डू होली का आयोजन देखने के लिए कल सुबह से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने लगा मन्दिर परिषद श्रद्धालुओं से खचाखच भर गया राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम की लड़ड्र होली देश दनिया से आये श्रद्धालुओं ने बरसाना में आनंद लिया हर कोई भक्ति के रंगों में सराबोर दिखाई दिया गया यहां सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किये गये हैं मोहम्मद उमर करैशी आकाशवाणी समाचार मथुरा अयोध्या म एक सड़क दुर्घटना में छह लोगों की मौत हो गयी जबकि दा अन्य बुरी तरह से घायल हो गये यह हादसा उस समय हुआ जब आज भोर प्रहर कोतवाली रूदौली अंतर्गत रोजा गांव ओवर ब्रिज पर एक सरकारी बस को ट्रेलर ने पीछे से टक्कर मार दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को पांच पांच लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने इस दुर्घटना मं घायलों के समुचित उपचार के भी निर्देश दिये हैं

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि अमिताभ ठाकुर को गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश के तहत उन्हें लोकहित में सेवा में बनाये रखे जाने के लिए उपयुक्त न पाने पर यह निर्णय लिया गया है उन्होंने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है

श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात कार्यक्रम देशभर से लोगों के विचारों रोचक विषयों और प्रेरक जीवन यात्राओं को उजागर करने का अवसर देता है प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया लोग नमो ऐप या माई जी ओ वी ओपन मंच में अपने विचार साझा कर सकते हैं

प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म मरक्कर अरबिक्काडिलिनते सिम्हम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के प्रस्कार के लिए चना गया है अभिनेता मनोज वाजपेयी को हिन्दी फिल्म भोंसले और धनुष को तमिल फिल्म असुरन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जायेगा कंगना रणौत को मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और फिल्म पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है

समाप्त